प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पटना साहिब से केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस से शत्र्घ्न सिन्हा चुनाव मैदान में थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच पूरी पुलिस ने छह अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में पेश किया चालान अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर राज्यभर के स्मारकों और संग्रहालयों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया बुद्धपूर्णिमा का पर्व पारम्परिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्य में आज भी कई स्थानों पर धूलभरी आंधी और हल्की वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ

इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे

सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखण्ड में तीन और केन्द्र शासित चंडीगढ़ में एकमात्र संसदीय सीट के लिए मतदान होगा इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित पटना साहिब से केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं

आयोग ने लोकसभा चुनाव के सातवें दौर के लिए प्रचार खत्म होने के बाद कल रात पठानकोट में सनी देओल की एक जनसभा को संबोधित करने के मामले को गंभीरता से लिया है

आयोग ने इन रिपोर्टों को अनावश्यक करार देते हुए कहा है कि ये ऐसे समय आई हैं जब देशभर में सभी मुख्य चुनाव अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान के आखिरी चरण और मतगणना की जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं हाल में आयोग की एक बैठक में सर्वसम्मिति से यह फैसला किया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान उठे मुद्दों पर विचार के लिए एक समूह गठित किया जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता भी उन्हीं मुद्दों में शामिल है

एक बयान में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने इन बैठकों से लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने कुछ मामलों में लवासा की असहमति को रिकॉर्ड नही किया इसलिए उन्होंने इन बैठकों से अपने को अलग कर लिया

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा

पत्र मिलने के बाद इन स्थानों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है धमकी भरे पत्र में बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भी हमले की आशंका का उल्लेख किया गया है थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सोलह दिन में जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश कर दिया है

इस मामले में पैंतीस गवाह हैं

प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों और वनों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है वन्यजीवों की गणना वॉटर होल्स के जरिए की जा रही है

हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि सभी संरक्षित क्षेत्रों और वन मण्डलों में की जा रही इस गणना से वन्यजीव प्रेमी उत्साहित है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज होगी

इस दौरान सैलानियों का पारम्परिक तरीके से स्वागत किया गया इस अवसर पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है वर्ल्ड म्यूजियम डे पर सवाईमाधोपुर जिले में भी अर्नेक कार्यक्रम आयोजित किये गये स्कूली छात्र छात्राओं को क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का भ्रमण करवाया गया

मामले की जांच की जा रही है अजमेर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई करने और कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों के जाने के बाद कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभियान शुरू किया है इसके तहत ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है

बाडमेर जिले में पेयजल संकट को दूर करने के लिए परम्परागत जल स्त्रोत बेरियों का जीर्णोद्वार किया जाएगा

प्रदेशभर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर मन्दिरों और अन्य स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं सवाईमाधोपुर के खण्डार के त्रिवेणी संगम सहित विभिन्न पवित्र सरोवरों में लोगों ने डुबकी लगाई अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्वालुओं ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया

चन्द्रभागा नदी के तट पर लगने वाला गोमती सागर पशु मेला बिगडे मौसम को देखते हुए पहले ही स्थगित किया जा चुका है बुद्धपूर्णिमा के अवसर पर टोंक में भगवान बुद्ध के आदर्शों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया पीपल पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश में कई स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन और मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस अवसर पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कडी निगरानी रखी जा रही है टोंक और नागौर में आज बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया बाल विवाह की रोकथाम के लिए नागौर कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है

आज अधिकांश जगहों पर आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित हो रहा है आज पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और पूर्वी राजस्थान में एक दो स्थानों पर धूलभरी आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षो हुई बीकानेर बाडमेर नागौर सीकर श्रीगंगानगर पाली और डूंगरपुर सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के समाचार हैं हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि शहर में विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल कर दी गई है

राजसमंद और नागौर में दोपहर बाद से ही बादल छाये हुए हैं तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है उधर झालावाड़ में बिगड़े मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने झालारापाटन में लगने वाले राज्यस्तरीय गोमती सागर पशु मेला स्थगित कर दिया है